प्रदेशभर में आज से एनीमिया मुक्त राजस्थान और नशामुक्ति अभियान की हो रही है शुरूआत

प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बिना किसी दबाव के तनावमुक्त परीक्षा और अच्छे अंक लाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा

आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा

ऐनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत आंगनबाडी केन्द्रो और स्कूलों में सिरप तथा दवाईयां वितरित की जायेगी वहीं नशामुक्ति अभियान में जिलों के सभी कार्यालयों में तंबाकू और नशामुक्ति के लिये प्रतिज्ञा दिलाई जायेगी तंबाकू मुक्त परिसर के पोस्टर भी लगाये जायेगे

श्री गहलोत कल डूंगरपुर के कुआ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे श्री गहलोत ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के सहकारी बैंकों से लिए पूरे कर्जे माफ किए जाएंगे इसके अलावा उन्होंने किसानों को नए कृषि कनेक्शन जल्द देने हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल बनवाने और आदिवासी इलाकों को सड़कों द्वारा जोड़ने की भी घोषणा की श्री गहलोत ने बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य में किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया चल रही है

बाड़मेर जिले में पिछले तीन दिनों में सात महिलाओं में स्वाईनफ्लू की रिपोर्ट पोजीटिव पायी गई है

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी है

हवाई अड्डे के निदेशक अशोक कप्र ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के अहमदाबाद सूरत हैदराबाद इंदौर लखनऊ और राज्य के जैसलमेर जोधपुर उदयपुर के लिए छोटे हवाई जहाज की मंजूरी प्रदान कर दी है उन्होंने कहा कि इन हवाई सेवाओं के शुरू हो जाने के बाद किशनगढ राज्य का एक व्यस्तम हवाई अड्डा बन जाएगा

श्री गडकरी ने बीकानेर में कहा कि आदिवासी सरहदी सीमाओं पर सडक नेटवर्क स्थापित करने पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया गया

नागौर में आयोजित हुए एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजमार्गो के निर्माण से जिले के धार्मिक स्थलों तथा पर्यटन व्यवसाय को लाभ होगा समारोह में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अर्जुन मेघवाल संतोष गंगरार सी आर चौधरी ने भी संबोधित किया

क्छ स्थानों पर ईवीएम और वीवीपीएटी मषीनों में खराबी की सूचना मिली

भाजपा प्रदेश महामंत्री बजरंग लाल शर्मा ने कल इन नामों की घोषण की इसके अनुसार मोहन लाल ग्प्ता जयप्र शहर और रामलाल शर्मा जयप्र उत्तर देहात के जिला अध्यक्ष होंगे

इनके कब्जे से देसी कट्टे बंदूक और कारतूस बरामद किये गये है

घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है

शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में कई स्थानों पर खेतो में बर्फ की चादर बिछी नजर आई गलन और कपकपाने वाली इस सर्दी के राहत के लिये लोग जगह जगह अलाव जलाकर बचने का प्रयास कर रहे है इसी तरह सिरोही जिले के मांउटआब में भी पारा जमावबिन्द से नीचे दर्ज किया गया